दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम अरूण जेतली के नाम पर रखा जायेगा

म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने झज्जर जिले में स्थापित दो किसान मॉडल स्कूलों को कौशल विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि देश के हर जिले में कम से कम एक सामुदायिक रेडियो होना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को उनके समुदाय से सम्बधित सामाजिक और विकास के मुद्दों बारे जागरूक किया जा सके

उन्होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो दवारा दी जाने वाली सेवायें स्थानीय जरूरतों केा प्रा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और इनसे ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है देश भर से आये सामुदायिक रेडियो के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे है वे सतत विकास के लक्ष्यों पर बेहतर जागरूकता के लिए बनाये जाने वाले कार्यक्रमों की सभावनाओं और अपने अन्भवों को सांझा कर रहे है इस सम्मेलन में सरकार की योजनाओं जैसे जल शक्ति अभियान और आपादा के खतरों को कम करने के प्रयासों पर भी चर्चा की जायेगी

विवेकानंद इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साईस एवं राम कृष्ण सेवा प्रतिष्ठान के प्रमुख एवं संयोजन प्रो सुमित्रा कुमार ने बताया कि उच्च रक्त चाप और हदवय रोगों का सीधा सम्बध है जो देश में तेज़ी से बढ़ रही है उन्होंने ज़ोर दिया कि भारतीयों को रक्त चाप की जांच करके जोखिम को कम करने के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है डा ललित कुमार अग्रवाल ने कहा कि उच्च रक्तचाप के शिकार लोगों को गूर्दो की बीमारी होने का खतरा भी रहता है दिल्ली के फिरोज़शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरूण जेटली की याद में अरूण जेतली स्टेडियम रखा जायेगा

जैसा कि पहले घोषित किया गया था स्टेडियम मे एक स्टैड का नाम भी भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के नाम पर रखा जायेगा दिल्ली और क्रिकेट ऐसोसिएशन के अध्यक्ष रजत शर्मा ने कहा कि यह श्री जेतली का समर्थन और प्रोत्साहन था कि विराट कोहली बीरेन्द्र सहवाग गौतम गंभीर अशीष नेहरा ऋषभ पंत जैसे कई खिलाडियों ने भारत को गौरवांवित किया दिल्ली और जिला क्रिकेट ऐसोसिएशन में अपने कार्यकाल के दौरान अरूण जेतली को फिरोजशाह कोटला स्टेडियम को आधुनिक सुविधावे मुहैया करवाते हये इसका नवीनीकरण कियाथा और स्टेडियम में विश्व स्तरीय इेसिंग कमरों एवं दर्शकों के बैठने वाली जगह का सामर्थ्य बढ़ाने का कार्य किया था

मुख्यमंत्री ने यह बात आज बादली हलके में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हए कही

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख ग्रमीत राम रहीम को पैरोल देने की मांग संबंधी याचिका को फिर खारिज कर दिया है उच्च न्यायालय ने राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए इसे खारिज कर दिया गया हरजीत कौर ने उच्च न्यायालय में कहा था कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम की पैरोल की याचिका नियमों खिलाफ खारिज की है जबकि राम रहीम पैरोल के हकदार हैं उनकी माता बीमार हैं बेंच ने कहा है कि जब राम रहीम खुद जीवित हैं तो हरजीत कौर किस हैसियत से याचिका दायर कर रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज झज्जर जिला में स्थापित दो किसान मॉडल स्कूलों को कौशल विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की इसी प्रकार उन्होंने हरियाणा के आईएएस अधिकारी स्वर्गीय श्री रामनिवास को श्रद्वांजलि देते हए कहा कि झज्जर जिला के गांव सुभाना में उनके नाम से किसी ना किसी प्रकल्प का नाम रखा जाएगा म्ख्यमंत्री ने यह घोषणा आज बादली हलके में जन आर्शीवाद यात्रा के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए की

मुख्यमंत्री ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ओपी धनखड़ की विशेष सराहना की जिन्होंने कृषि एवं ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देने के लिए सराहना की इस अवसर पर सांसद डॉ अरविंद शर्मा व संजय भाटिया लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व सांसद श्रीमती स्धा यादव भी मौजूद थे उधर बहादरगढ़ में जन आर्शीवाद यात्रा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हये म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक सिद्वांत उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है